इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कडाई से पालन कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन तथा विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोरोना संक्रमित हो गए हैं उन्होंने एक ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है इधर राज्य में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है राजधानी जयपुर में कल कई महीनों बाद सौ से कम नए मरीज मिले हैं

हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी से जन जीवन प्रभावित है सीकर जिले के फतेहपुर में आज पारा शून्य से तीन दशमलव दो डिग्री नीचे पहुंच गया है वहीं माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस चार डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया हैं विभाग ने जयपुर भरतपुर बीकानेर कोटा और अजमेर संभाग के लगभग दो दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं